प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान संचालन आज से शुरू हो गया

बैठक में म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे

यह व्यवस्था सभी निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर भी लागू होगी स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्वाद्व और स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को एक सितम्बर से नये सत्र से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा वहीं इस वर्ष स्नातकोत्तर पूर्वाद्व और स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र एक अक्टूबर से श्रू होगा

श्री चौहान ने किसानों को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य में गेंह का रिकार्ड उत्पादन हआ है और सरकार ने भी रिकार्ड खरीदी का कार्य किया है टिड्डी दल पन्ना राजस्थान की सीमा से मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कुछ दिनों पहले प्रवेश करना वाला टिड्डी दल ब्ंदेलखंड अंचल के पन्ना जिले में भी पहंच गया है हवा के रुख पर सवार होकर टिड्डियों का दल आज स्बह लगभग नौ बजे पन्ना शहर में प्रवेश कर गया और उसने रिहायशी इलाकों में जमकर उत्पात मचाया

अलीराजप्र में इंदौर से आए दो व्यक्तियों में कोरोना वायरस का संकमण पाया गया है इन्हें मिलाकर इस समय यहां क्ल तीन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं

देवास में कोरोना का कहर जारी हैं

इस दौरान धर्मावलंबियों ने संप्रर्ण विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रार्थना की राजधानी भोपाल में धर्म ग्रुओं और प्रशासन के अन्रोध को स्वीकार करते हए मुस्लिमों ने अपने घर पर ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को बधाई दी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के कारण ईद इस बार परंपरागत तरीके से नहीं मनाते हए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल के बीच मनायी जा रही है मौसम प्रदेश में नौ तपा के पहले दिन से ही मौसम ने अपने तेवर तीखे कर दिए है आज दिन भर लोगों को झूलसाने वाली गर्मी और लू का सामना करना पड़ा

मौसम विभाग के म्ताबिक आने वाले क्छ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहें

उमरिया ग्ना और शहडोल सहित कई जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि यहां लोग दिन भर गर्मी से परेशान रहे